उन्होंने राज्य के कई उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज उप मुख्यमंत्री चाउना मेन विधायक केनतो रिना कालिंग मोयोंग तातुंग जामोह पी डी सोना और ओलोंग पानियांग की उपस्थिति में अरुणाचल राईजिंग कैमपेन तीसरे चरण का शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि इसके तहत जन संपर्क यात्रा प्रदेश के सभी क्षेत्रों को करीब से देखने और लोगों से मिलने का आवसर है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान से प्रदेश के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मिल रही है राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय रोनोहिल्स के छत्तीसवें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की प्रगति और सफलता के लिए अनुकूल शैक्षणिक माहौल आवश्यक राज्यपाल ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान बनाने के लिए सभी हितधारको से एकजूट होकर प्रयास करने का आह्वान किया उन्होंने विश्वविद्यालय में बुनियादी सुविधा विकास के लिए सही तरीके से आवटित धनराशि का उपयोग करने पारदर्शिता जवाबदेही और ईमानदारी की भावना के साथ कार्य करने पर जोर दिया

इसका उद्देश्य लोगों को शिक्षित करना और उनके बीच जागरुकता पैदा करना है इसके साथ ही दुनियाभर में सरकारों और व्यक्तियों पर दबाव बनाकर हर साल इस घातक बीमारी से लाखों लोगों को बचाना है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर डॉक्टरों नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों से कहा है कि वे कैंसर पर रोक लगाने के लिए लोगों में और अधिक जागरुकता पैदा करें श्री नायडू ने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और खाने पीने की अच्छी आदतें डालने की जरुरत है पेट्रोल की कीमतों में आज लगातार पांचवें दिन गिरावट आई तीनों महानगरों में पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर दस से सोलह पैसे तक कम हुए है और डीजल प्रति लीटर आठ से बारह पैसे नीचे आ गया संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पश्चिम बंगाल में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरा सीबीआई की कार्रवाई पर शोरगुल के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है राज्यसभा की बैठक शुरु होने के कुछ ही मिनट बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेतृत्व में विपक्ष ने कल रात राज्य के पुलिस आयुक्त के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में हंगामा किया टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक कारणों से सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सहित अन्य विपक्षी दल भी उनके साथ शामिल हो गये शोरगुल के बीच अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर बाद दो बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय है नए भारत की गति आकांक्षाओं और निर्माण का बजट दो हजार उन्नीस यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा

यह कार्यक्रम द्ररदर्शन के डीटीएच डी डी डायरेक्ट पल्स पर भी उपलब्ध रहेगा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 आज का अधिकतम तापमान अट्ठाईस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान ग्यारह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया